मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा सुरेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में नई उंचाईयां करेगी हासिल

अध्यक्ष पदभार भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में अपना पदभार सम्भाल लिया इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में अभिनंदन व पदभार समारोह आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और सतपाल सत्ती सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में राज्य में नई उंचाईया हासिल करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद राज्य सरकार विकास की गति सुनिश्चित कर रही है उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कोरोना महामारी से सतर्क रहने और लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का आहवान भी किया

इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा का आभार जताया कश्यप ने कहा कि र्केन्द्रीय नेतृत्व व राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वे दृढ़ संकल्प से कार्य करेंगे

नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्च्अल प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम एन ई टी एफ का भी गठन किया जाएगा प्रारंभिक साक्षरता और गणित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय भिशन कायम किया जाएगा नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा तथा शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भेद को भी समाप्त कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा के पांगी घाटी दौरे के दौरान पांगी फस्ट पंगवाल फस्ट संस्था ने पांगी विधानसभा क्षेत्र को अलग करने की मांग उठाई है संस्था ने कहा कि पांगी और भरमौर की दूरी करीब आठ सौ किलोमीटर है और ऐसे में जन प्रतिनिधियों से मिलने व अपने काम करवाने के लिए घाटी के लोगों को भारी दिक्कतें पेश आती है कृषि मंत्री ने इस बावत संस्था को मुख्यमंत्री व चुनाव आयोग के समक्ष मामला उठाकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं शिमला में आज राजकीय उच्च पाठशाला नवबहार के स्कूल भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये बात कही

शिक्षामंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में अधोसंरचना व अन्य साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने के आहवान पर सोलन जिला में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने चील की चलार व कृषा से आकर्षक राखियां तैयार की हैं इन राखियों की आज से सोलन में प्रदर्शनी लगाई गई है जो रक्षाबंधन तक जारी रहेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रदर्शनी के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि ये आत्मनिर्भरता की ओर एक सार्थक कदम है

वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी राखियों के अच्छे दाम मिलने पर बेहद खुश हैं

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सही ढंग से टेस्टिंग न होने और प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों की वजह से कोरोना सकमंण के मामले बढ़ रहे हैं राठौर ने कहा कि इस संकमण को फैलने से रोकने को लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है चंबा पंचायत चंबा जिला में चमेरा तीन परियोजना के अंतर्गत आने वाली भरमौर उपमंडल की पांच और चंबा उपमंडल की नौ पंचायतों के लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से एलएडीएफ के तहत मिलने वाली राशि का भूगतान करवाने की मांग की है किलोड़ के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकूर ने मुख्यमंत्री को एक पत्र के माध्यम से इस राशि के भुगतान का आग्रह किया है ताकि कोरोना संकट के दौरान स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिल सके

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये परीक्षाए स्थगित की गई हैं और इन परीक्षाओं की आगामी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी पौधरोपण भारत सरकार के खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केन्द्र द्वारा जुलाई और अगस्त माह के दौरान क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत कुल्लू जिला के शिरड़ गांव में आज युवाओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया इस दौरान नेहरू युवा केन्द्र की कुल्लू जिला युवा समन्वयक सोनिका चन्द्रा की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई